प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मानसून हुआ सकिय मौसम विभाग ने इस बार अच्छी बारिश की जताई संभावना

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड़ और हरियाणा की राज्य सरकारों ने श्रावण मास में कावड़ यात्राएं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्थानीय स्तर पर ही आयोजित किए जाने का निर्णय किया है इसे देखते हुए प्रदेश से इन राज्यों में श्रद्वालु कावड़ लेकर नहीं जाएं वहां इन यात्राओं को प्रवेश नहीं दिए जाने से उन्हें असुविधा हो सकती है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को पत्र लिखकर कावड़ यात्राएं नहीं भेजे जाने के संबंध में आग्रह किया है श्री स्वरूप ने कहा है कि वर्तमान हालात को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बेहद जरूरी है उन्होंने श्रद्वालुओं से अपील की है कि वे स्थानीय स्तर पर ही घरों मे रहकर पूजा अर्चना करें अतिरिक्त मुख्य सचिव ने धर्मगुरूओं से भी आग्रह किया है कि वे कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए श्रद्दालुओं को घर पर रहकर ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना के कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित करें

आठ संक्रमित अन्य राज्यों के हैं

संकमण के चलते कल बीकानेर में तीन तथा सवाईमाधोपुर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी

श्री डोटासरा ने एक बयान में कहा कि इसके लिये एनसीटीई के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पात्रता परीक्षा आयोजित करवाने की कार्रवाई चल रही है उन्होंने कहा कि इन भर्तियों के संबंध में जल्द ही अंतिम निर्णय किया जायेगा श्री डोटासरा ने कहा कि आरपीएससी द्वारा अब आगामी सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा विज्ञापित पदों से डेढ़ गुणा अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग की विभिन्न भर्तियों से संबंधित न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों के जल्द समाधान के लिये सरकार लगातार प्रयास कर रही है

यह निर्णय तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में कल आयोजित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की बोर्ड ऑफ गवनर्स की बैठक में लिया गया

इसके लिए राजकीय खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर को पायलेट प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है

कल उच्चतम न्यायालय को यह जानकारी देते हए बोर्ड ने यह भी कहा है कि ये परीक्षाएं बाद में आयोजित की जाएंगी

एक जुलाई से बारह अगस्त के बीच यात्रा के लिए नियमित समय सारणीबद्व रेलगाड़ियों के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द समझे जाएंगे और उनका यात्रियों को पूरा रिफंड किया जाएगा

इस कारण हज कमेटी ऑफ इण्डिया मुम्बई द्वारा हज यात्रा के आवेदकों के आवेदन पत्र रद्द कर दिये गए हैं राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अधिशाषी अधिकारी डॉ महमूद अली खान ने बताया कि आवेदकों के बैंक खाते में उनके द्वारा जमा धन राशि वापस लौटा दी जायेगी उन्होंने बताया कि यदि किसी आवेदक के बैंक खाते में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है तो वह परिवर्तित बैंक खाते की जानकारी जल्द से जल्द दे

इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के संबंध में सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन करने के भी निर्देश दिये गये है

ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश स्वामी ने बताया कि विकास अधिकारी वीरपाल सिंह तथा ग्राम विकास अधिकारी सुरेन्द्र नेहरा ग्राम पंचायत ख्डडी के पूर्व सरपंच से उसके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का भुगतान करने की एवज में पांच प्रतिशत कमीशन के रूप में यह राशि ले रहे थे

मौसम विभाग ने आज अजमेर उदयपुर कोटा जयपुर व भरतपुर संभागों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना जतायी है बीकानेर तथा जोधपुर संभागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है मौसम विभाग के निदेशक शिव गणेश ने बताया कि इस बार मानसून अच्छा रहेगा